और पूर्वा हवा के प्रवाह से राज्य में तापमान में गिरावट

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर लगभग चौबीस हजार हो गयी है राज्य में अप्रैल माह के दौरान कोविड मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गयी है पिछले दो सप्ताह के दौरान राज्य में पचहत्तर लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में रिकॉर्ड चार हजार सात सौ छियासी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है वहीं पटना में सबसे अधिक लगभग साढ़े आठ हजार मामलों की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना से सबसे अधिक एक हजार चार सौ तेरासी मामले सामने आये हैं गया और भागलपुर से तीन सौ चौंतीस तीन सौ चौंतीस मुजफ्फरपुर से दो सौ बयालीस भोजपुर से एक सौ छियासठ जहानाबाद से एक सौ अट्ठाईस और औरंगाबाद से एक सौ बाईस मामले सामने आये है इसके अलावा बेगूसराय गोपालगंज कटिहार सहरसा समस्तीपुर और सारण जिले से भी सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है इधर इसी अवधि में एक हजार एक सौ नवासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव चार प्रतिशत है देश में चिकित्सा में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हए सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टाक उपलब्ध कराया जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार पचास हजार मीट्रिक टन से अधिक है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता सात हजार मीट्रिक टन से अधिक है इसमें बढ़ोतरी भी की गयी है साउंड बाईट केन्द्र सरकार ने बढती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और दरबादी पर रोक लगाएं इस संबंध में अधिकार प्राप्त समृह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिरिचत करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा रहा है राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करे ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारु रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके सरकार ने महामारी से ग्रस्त विमिन्न राज्यों को चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये हैं ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने इस्पात कारखानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करने और राज्यों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता वाले राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकों राज्यों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है

पटना जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आपूर्तिकर्ता और अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये जिलाधिकारी ने आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को कुल उत्पादन का नब्बे प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों को देने को कहा है गौरतलब है कि जिले में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं जिले में अब तक कोविड संक्रमण से चार सौ उनासी लोगों की मौत हो चुकी हैं जबकि आठ हजार चार सौ छियासठ लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पटना के एनएमसीएच को डेडिकेटेड घोषित करने का निर्णय किया गया है श्री पांडेय ने कहा कि यह अस्पताल में पूर्व की तरह फिर से कोविड नोडल अस्पताल के रूप में काम करेगा पटना के आईजीआईएमएस में कोविड से गंभीर रूप से संक्रमित लोगों का इलाज किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहां पचास बेड वाले आईसीयू का उद्घाटन किया यहां पर पीएमसीएच एनएमसीएच और एम्स से रेफर किये गये कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जायेगा इधर कोविड इलाज के लिये एनएमसीएच में सामान्य श्रेणी के ऑपरेशन को अगले आदेश तक के लिये बंद कर दिया गया है अस्पताल के चिकित्सकों को कोविड ड्यूटी पर लगाये जाने के कारण डॉक्टरों की कमी के चलते प्रबंधकों द्वारा यह निर्णय किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार स्थिति से निपटने के लिये हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया गया है और सत्रह अप्रैल को राज्यपाल के साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में आये सुझावों के आधार पर आगे कोई निर्णय लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने आज पटना के आईजीआईएमएस में कोविड टीके की द्सरी डोज ली उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सभी पात्र लोगों को कोविड के टीके जल्द लगवाने चाहिए इधर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने भी आईजीआईएमएस में कोविड टीके की दूसरी खुराक ली भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया यह एक ही तरह से फैलता है साउंड बाईट हमें यह समझना चाहिए कि ये जो नये स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो ये फैलने के तारीका एक ही रखा है तो फैलने का तारीका एक ही है मतलब छीखते समय खांसी के समय बात करते समय ओ जो जल बिन्द जो लिकालते है संक्रमित व्यक्ति से और दुसरे व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं क्योंकि उसी का अंदर ओ कोस और वायरस पाये जाते हैं पूर्व मध्य रेल अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक समेत नौ रेलकर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं रेलवे ने महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बिहार के लोगों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिये कई विशेष रेलगाड़ियां शुरू की है इन रेलगाड़ियों का परिचालन पटना दानापुर समस्तीपुर भागलपुर बक्सर बेतिया और मुजफ्फरपुर के लिये किया जा रहा है कोविड के खतरे के चलते पर्यटन विभाग ने राजगीर में नेचर सफारी को अगले आदेश तक बंद कर दिया है यहां पर्यटकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दरभंगा जिले में चलाये गये व्यापक मास्क चेकिंग अभियान के तहत नौ सौ चालीस लोगों से जुर्माना वसूला गया वहीं चौवालीस वाहनों को जब्त किया गया भारत कोविड टीकाकरण के मामले में नई उंचाइयों को छू रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया चार दिन का विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव कल समाप्त हो गया इसके अंतर्गत पात्र लोगों को एक करोड़ अठाईस लाख से अधिक टीके लगाये गये साउंड बाईट टीका उत्सव के दौरान दोनों निजी और सार्यजनिक कार्यस्थलों पर कई जगह नए टीकाकरण केंद्रों के सुचारु परिचालन के कारण महज चार दिनों में देश में टीकाकरण की दर में खासी तेजी दर्ज की गई है इसी अवधि में देश ने सुचारु रूप से कार्य कर रहे कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की है

सप्ताह के अंत या सार्यजनिक अवकाश पर भी पहले के इतर लोगों ने भारी संख्या में टीकाकरण केन्द्रों पर आकर प्रधानमंत्री की अपील में अपनी पुरी आस्था व्यक्त की

आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी दिल्ली राज्य में अब तक चौंवन लाख चौंसठ हजार दो सौ दस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं इसमें सैंतालीस लाख चौरानवे हजार अठहत्तर लोगों को टीके की पहली डोज जबकि छह लाख सत्तर हजार एक सौ बत्तीस लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है इस बीच टीका उत्सव के अंतिम दिन एक लाख बत्तीस हजार चार सौ छब्बीस लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार दिनों तक चले टीका उत्सव में पांच लाख चौवालीस हजार दो सौ उनहत्तर लोगों का टीकाकरण किया गया है राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों की तरह ही अब स्कूलों और कॉलेजों में भी हर रोज एक तिहाई ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आयेंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को रोज स्कूल आना होगा विश्वविद्यालयों और सरकारी कालेजों में सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक और उनके समकक्ष तथा ऊपर के शिक्षकों तथा अधिकारियों को संस्थान में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति सुनिश्चत करनी होगी

पहले सत्रह अप्रैल तक ही वर्चअल माध्यम से सुनवाई का फैसला लिया गया था न्यायालय की ओर से नया नोटिस जारी कर अब तीस अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट से विभिन्न केसों की सुनवाई का निर्देश दिया गया है गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कोरोना संक्रमित पाये गये थे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आर्द्रता बढ़ने से तापमान में कमी आयी है नमीयुक्त पूर्वा हवा के प्रवाह के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांश् कुमार ने बताया कि अगले तीन दिनों तक राज्य के पूर्वी क्षेत्र के जिलों किशनगंज अररिया पूर्णियां सुपौल सहरसा और मधेपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश की सम्भावना है वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे

वे पांच जुलाई उन्नीस सौ चौरासी से तीन अक्टूबर उन्नीस सौ छियासी तक बिहार विधान परिषद् के सभापति रहे तथा सोलह अप्रैल दो हजार छह से चार अगस्त दो हजार नौ तक कार्यकारी सभापति भी रहे राज्यपाल फागू चौहान विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने अरूण क्मार के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राजद के वरिष्ठ नेता चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने भी अरूण कुमार के निधन पर दुःख व्यक्त किया है इधर अरूण कुमार का पार्थिव शरीर सासाराम पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत एबीसी नहर में स्नान के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि दो बच्चे लापता बताये जाते हैं वहीं जिले के जोकीहाट के बेरिया और कुर्साकांटा प्रखंड के पहुंसी से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पलटने से तीन मजदूरों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने पैंतालीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी

और पूर्वा हवा के प्रवाह से राज्य में तापमान में गिरावट